इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम और इसके संकमण से बचाव के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त किया है इसके तहत राज्य शहरी विकास एजेंसी के निदेशक अमित कुमार खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के अपर सचिव शांतनु कुमार अग्रहरि और खेलकूद विभाग के निदेशक जिशान कमर को अपने कार्यो के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्त किया गया है रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री रंजन आज जिला कोविड सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त डॉक्टरों के साथ बैठक कर रहे थे उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी अगर अधिक लापरवाही बरती गयी तो सम्बंधित डॉक्टर का निबंधन भी रद्द कर दिया जायेगा उपायुक्त ने सभी डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करें

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर सख्तियां बढ़ायी जाएँगी श्री उरांव आज लोहरदगा में प्रशासनिक अधिकारियों को साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े शहरों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों पर भी नजर रख रही है कोरोना महामारी के कारण झारखंड सचिवालय में फिलहाल पचास प्रतिशत कर्मी ही कार्यालय आयेंगे इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आज आदेश जारी कर दिया हालांकि अवर सचिव और उनसे उपर के अधिकारियों को हर रोज कार्यालय आना होगा जो भी कर्मी कार्यालय नहीं आयेंगे वे अपने अपने घरों से काम करेंगे इस समय राज्य में कोरोना के कुल बीस हजार छह सौ इक्याबन एक्टिव केस हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के अब तक के सर्वाधिक तीन हजार चार सौ अस्सी नये कोरोना संक्रमित मिले हैं

कोरोना संक्रमण से गुरुवार को धनबाद में सर्वाधिक नौ रांची में पांच जमशेदपुर में चार गिरिडीह में दो कोडरमा में दो गोड्डा में एक जामताड़ा में एक देवघर में एक रामगढ़ में एक सिमडेगा में एक व चाईबासा के एक व्यक्ति की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक तिरसठ लाख तीस हजार छप्पन लोगों के सैंपल लिये गये हैं इनमें से बासठ लाख बिरानबे हजार तीन सौ नवासी सैंपल की जांच हुई है इस समय बैकलॉग में सैंतीस हजार छह सौ सडसठ है वहीं अबतक एक लाख इक्याबन हजार दो सौ बहतर संक्रमित मिल चुके हैं

ऐसे अस्पतालों और विशेष ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मंत्रालयों को लिखे पत्र में दोहराया है कि देश भर में कोविड संक्रमण में अचानक वृद्धि की स्थिति में पिछले साल की तरह कार्रवाई करने की जरूरत है

इन अस्पतालों में समर्पित स्वास्थ्य कार्य बल तैनात रहना चाहिए इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति युक्त बिस्तर आईसीयू बैड वेंटिलेटर और विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट प्रयोगशाला सेवाएं इमेजिंग सेवाएं रसोई और कपड़े धोने के साथ साथ सभी सहायक सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज एक समीक्षा बैठक की श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान रिथति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की इन राज्यों में जिला स्तर पर स्थिति का आकलन प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया प्रधानमंत्री को बताया गया कि केंद्र और राज्य इस बारे में लगातार सम्पर्क में हैं मध्यपुर विधानसभा उप चुनाव के लिए कल मतदान होना है इस सिलसिले में आज पोलिंग पार्टियों को अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया इस दौरान सामान्य प्रेक्षक एचपीएस सरन और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे इस मौके पर मतदान कर्मियों को सम्बोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी चुनाव कर्मी मास्क लगाए रखें साफ सफाई सेनेटाइजर का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खुद के साथ मतदाताओं को भी सुरक्षित रखें उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान कराना सभी का लक्ष्य है गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उपायुक्त ने कहा है कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

केंद्र सरकार ने झारखंड सहित सभी राज्यों से कहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण आवश्यक वस्तुओं की खरीद को लेकर विशेष निगरानी रखे जाने की जरुरत है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि नहीं हो उन्होंने ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नम्बर भी तैयार करने को कहा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक सौ अस्पतालों के पास पीएम केयर्स कोष के अन्तर्गत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे कोविड महामारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल अधिकार प्राप्त द्रसरे समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया केन्द्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के विविध पहलुओं पर नजर रखने के लिए ऐसे छह समूह बना रखे हैं मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से प्रेशर स्विंग अबजॉप्शन प्लांट पीएसए निर्मित ऑक्सीजन को बढ़ावा मिलेगा और अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसे पीएसए प्लांट लगाने की मंजूरी के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में एक सौ अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है रेलवे ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी रेलगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा रेलवे ने कहा है कि किसी को भी किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है

देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रेल डिब्बों को कोविड कोच में बदले जाने पर उन्होंने कहा कि लगभग चार हजार कोविड कोच तैयार किए गए हैं गुमला में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के मुकुंडा गांव से चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है इनके पास से पुलिस ने दो देसी पिस्टल चार जिंदा कारतूस दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है जिले के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने आज एक संवाददाता सम्मलेन में यह जानकारी दी परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का गुमला में आज सुबह निधन हो गया वे पिछले कई दिनों से बीमार थी केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बलमदीना एक्का के निधन पर शोक व्यक्त किया है देश में इस वर्ष मानसून के दौरान वर्षा सामान्य रहेगी